आज लखनऊ मध्य क्षेत्रीय परिषद की इक्कीसवीं बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो में सभी क्षेत्रीय परिषदो को सक्रिय बनाया गया है उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिषदों की इस दौरान कुल ग्यारह बैठके हुई जबकि अस्थाई समिति की पन्द्रह बैठकें आयोजित की गयीं उन्होंने कहा कि क्ल छः सौ अस्सी मामलों पर चर्चा की गयी जिसमें चार सौ अट्ठाईस मामले हल किए गये इनमें बुनियादी ढांचा चिकित्सा रिक्षा कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों का समाधान किया गया बैठक का उद्देश्य संबंधित राज्यों की साझा समस्याओं का समाधान दूंढना और अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़े मुद्दों का हल निकालना था बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिपेन्द्र सिंह रावत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री तथा केन्द्र और प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने हिस्सा लिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन के अन्तर्गत मध्य पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी परिषद की पिछली बैठक जनवरी दो हजार पन्द्रह में आयोजित की गई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में कृषि का विविधिकरण आवश्यक है मुख्यमंत्री आज लखनऊ के शास्त्री भवन में एशियन डेवलमेंट बैंक के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक कर रहे थे बैठक में यह तय हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रदेश में आम अमरूद आलू दलहनी तथा तिलहनी फसलों की वैल्यू एडिशयन के सम्बंध में एक अध्ययन कर के अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तत करेगा मुख्यमंत्री श्री योगी ने इसे उपयोगी प्रयास बताते हुए कहा कि कृषि उपज में वृद्धि के लिए कार्य करने वाले अन्य विशेषज्ञों के साथ भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए पारम्परिक फसलों के अलावा किसानों को सब्जी फल उत्पादन बागवानी मछली पालन तथा दुध उत्पादन को भी बढ़ाना चाहिए इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृत संकल्यित है मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्निक तकनीक के प्रति किसानों को जागरूक होना चाहिए ड्रिप पद्वति से सिंचाई का व्यापक प्रसार होना चाहिए मनरेगा योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं इससे लघु और सीमान्त किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को लाभ मिल रहा है बैठक में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान पश्धन एवं मत्स्य मंत्री एसपीसिंह बधेल दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छबीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी प्रधानमंत्री को सीघे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के क्लाधिपति राम नाईक ने आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तीसवें दीक्षान्त समारोह में एक सौ निन्यानवे मेघावियों को गोल्ड मेडल दो छात्रों को प्रतिभा पुरस्कार कैम्पस और कॉलेज में अपने विषय में टॉप करने वाले एक सौ अड़सठ मेधावियों को विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया राज्यपाल श्री नाईक ने इस अवसर पर छात्रों से कहा कि अब उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव आरम्भ हो चुका है उन्होंने पदक मिलने वाले छात्र छात्राओं का अमिनन्दन किया उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति पहले से बहत अच्छी हो गयी है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में अच्छे प्रमाव पड़े हैं रोजगार के साधन बढ़े हैं और नए नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति सामने आए हैं उच्चतम न्यायालय ने दाऊदी बोहरा मुसलमानों में अवयस्क लड़कियों की खतना करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका आज पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश ए एम खनविलकर तथा न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ की एक पीठ इस प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी इस याचिका को दिल्ली के एक अधिवक्ता ने दायर किया है